प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर लगाई रोक

वाजपेयी अस्थि विसर्जन प्रदेश के सभी जिलों में आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा निकाली गई रायपुर के टाउन हॉल में अटल जी का अस्थि कलश आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया था जहां लोगों ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्दांजलि अर्पित की इसके बाद अस्थि कलश यात्रा टाउन हॉल से शुरू हुई जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हए राजिम पहंची जहां त्रिवेणी संगम में अटल जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक और राज्य के कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल तथा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होना था लेकिन खराब मौसम के चलते वे राजिम नहीं पहुंच पाए प्रदेश के अन्य जिलों में भी दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि देने के बाद अस्थि कलश यात्रा निकाली गई नगर भ्रमण के बाद पवित्र नदियों में अटल जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया इस दौरान अस्थि कलश के दर्शन के लिए भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों सहित आम लोगों का तांता लगा रहा गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि कलश कल राजकीय विमान से राजधानी रायपुर लाया गया था मुख्यमंत्री राजनांदगांव मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज राजनांदगांव में राज्य महिला शक्ति केंद्र अस्मिता योजना का लोकार्पण किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती हैं उन्होंने बताया कि राज्य के अन्य ग्यारह जिलों में भी इस योजना के तहत महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे उन्होंने कहा कि महिलाओं को सरकार की योजनाओं की जानकारी देने और उनका लाभ दिलाने के लिए नौ विकासखंड के करीब आठ सौ महाविद्यालयीन छात्र अवकाश और रविवार के दिन कार्यकर्ता के रूप में गांव और शहरी क्षेत्र में जाकर योजनाओं की जानकारी देंगे ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें निर्वाचन आयोग अवकाश रोक प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है निर्वाचन आयोग द्वारा सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर को जारी पत्र के अनुसार जिला स्तर पर तथा जिले के अंतर्गत सभी शासकीय और राज्य शासन की विभिन्न इकाईयों के कर्मचारियों के लिए कलेक्टर ही अवकाश स्वीकृत करेंगे कोई भी जिला स्तरीय कर्मचारी जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना अवकाश नहीं ले सकेगा आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि कोई अधिकारी कर्मचारी सात दिनों से अधिक का अवकाश लेता है तो उसकी सूचना कलेक्टर द्वारा अनिवार्य रूप से राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दी जाएगी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जंक फूड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों से अपने परिसरों में जंक फूड यानी ज्यादा कैलोरी और कम पौष्टिकता वाले खाद्य पदार्थ बेचने पर पाबंदी लगाने के निर्देश देने को कहा है अपने पत्र में आयोग ने कहा है कि कॉलेजों में जंक फूड पर पाबंदी लगने से पौष्टिक आहार के नये मानदंड कायम होंगे जिससे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे तथा उन्हें मोटापे से भी छुटकारा मिलेगा इससे जीवन शैली संबंधी बीमारियां भी नहीं होंगी जो सीधे तौर पर मोटापे से जुड़ी हैं यूजीसी ने यह पत्र केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के उस निर्देश के आधार पर जारी किया है जिसमें शिक्षा संस्थाओं के परिसर में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने को कहा गया था कुलदीप नैय्यर निधन वरिष्ठ पत्रकार लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता कलदीप नैय्यर का बीती रात नई दिल्ली में निधन हो गया वे पंचानवे वर्ष के थे कलदीप नैय्यर कई दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय थे

श्री नैय्यर का जेन्म चौदह अगस्त उन्नीस सौ तेईस को पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सुचना तथा प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद क्लदीप नैय्यर के निधन पर द्ख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कुलदीप नैयर के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री नैयर भारतीय पत्रकारिता के अनमोल रत्नों में से एक थे

पहाड़ सिंह माओवादियों के जीआरबी डिवीजन का सचिव है इस पर छत्तीसगढ़ सहित मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में इनाम की घोषणा की गई थी गौरतलब है कि पहाड़ सिंह उर्फ कुमारसाय कतलाम राजनांदगांव जिले के फाफामार गांव का निवासी है जो वर्ष उन्नीस सौ निन्यानवे से माओवादी गतिविधियों में शामिल था उधर बीजापुर जिले में पुलिस ने तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया है हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के कुटरू थाना क्षेत्र में पुलिस जवान गश्त पर निकले थे इसी दौरान घेराबंदी कर तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया इन माओवादियों पर एक सहायक आरक्षक की हत्या का आरोप है डेंगू रोकथाम पहल डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए लोगों को अब लोक कला के जरिये जागरूक किया जा रहा है प्रदेश के लोक कलाकार दुर्ग भिलाई के डेंगू प्रभावित इलाकों में नाचा शैली के माध्यम से डेंगू के कारण लक्षण और बचाव के उपायों की जानकारी दे रहे हैं इसके अलावा प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन नगर पालिका और स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा शहर में जगह जगह डेंगू से बचाव के बारे में होर्डिंग्स लगाए गए हैं साथ ही गली मोहल्लों में लाउड स्पीकर पोस्टर स्टीकर और पाम्पलेट के जरिये घर घर जाकर जागरूक किया जा रहा है वहीं मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा फीवर क्लीनिक के जरिये प्रभावितों का उपचार किया जा रहा है नगर निगम के कर्मचारी घर घर जाकर कूलर और पानी की टंकियों की सफाई कर रहे हैं साथ ही डेंग् फैलाने वाले मच्छर के लार्वा को मारने के लिए टेमीफास डाली जा रही है इस बीच दुर्ग जिले के चरोदा निवासी डेंगू से प्रभावित एक युवक की कल मृत्यु हो गई इस युवक को उपचार के लिए हैदराबाद ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया स्काई योजना मोबाइल छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स के अनुसार संचार क्रांति योजना के तहत हितग्राहियों को बांटे जा रहे मोबाइल फोन सेट पूरी तरह सुरक्षा मानकों के अनुरूप और सुरक्षित हैं चिप्स के अधिकारियों ने बताया कि कोरबा और कबीरधाम के एक एक हितग्राही को दिए गए मोबाइल फोन के फटने की शिकायत मिली थी इसके बाद दोनों हितग्राहियों के मोबाइल सेट बदलकर उन्हें नए मोबाइल फोन दे दिए गए हैं क्षतिग्रस्त फोन की जांच के लिए उसे प्रयोगशाला में भेजा गया जहां तकनीकी परीक्षण में मोबाइल की स्क्रीन में बाहरी क्षति होना पाया गया इसका मोबाइल की सुरक्षा और गृणवत्ता से कोई सम्बन्ध नहीं है तकनीकी अधिकारियों के अनुसार मोबाईल फोन को अधिक समय तक चार्ज किए जाने गलत चार्जर का उपयोग करने घर में अर्थिंग की समस्या होने बैटरी के आसपास अत्यधिक नमी होने अथवा मोबाईल फोन के पानी में सम्पर्क में आने से ही बैटरी के फटने की समस्या उत्पन्न हो सकती है नाटक मंचन छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसायटी के रंगकर्मियों ने हरिशंकर परसाई की जयंती पर उनके निबंध प्रेमचंद के फटे जूते का रायपुर के वृंदावन हॉल में प्रदर्शन किया इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद के नमक का दरोगा और लांछन नाटक का भी मंचन किया गया इस मौके पर सोसायटी के अध्यक्ष सुभाष मिश्र ने कहा कि प्रेमचंद और हरिशंकर परसाई दो अलग अलग कालखंडो में जन्मे ऐसे लेखक रहे हैं जिनका सामाजिक सरोकार एक ही तरह का था ये दोनों लेखक समाज के अंतिम व्यक्ति की तकलीफ को अपने लेखन से रेखांकित करते थे

वहीं उनके स्थान पर सारांश मित्तर को सरगुजा का नया कलेक्टर बनाया गया है कल चौबीस अगस्त को जगदलपुर के कृषि महाविद्यालय में बस्तर विकास संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह करेंगे जांजगीर चांपा जिले के सक्ती में ट्रेलर की चपेट में आने से एक य्वक की मौके पर ही मौत हो गई जिससे कई घंटे यातायात बाधित रहा रायगढ़ के कटंगडीह इलाके में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई रायपुर के बोरियाखुर्द इलाके में बीती रात एक युवक की हत्या कर दी गई इस मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को हिरासत में लिया है जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर पुलिस ने देशी कटटे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है